राजधानी भोपाल में आज से शुरू हुआ तीन दिवसीय फेस्टीवल ऑफ डेमोकेसी कार्यक्रम

मन की बात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों के साथ अपने विचार साझा किये

देश की एकता और अखण्डता के प्रति सरदार पटेल की जयंती पर आयोजित इस दौड़ में प्रधानमंत्री ने देशवासियों से बड़ी संख्या में शामिल होने का आह्वान किया

फेस्टिवल ऑफ डेमाकेसी भोपाल जिले की सातों विधानसभाओं में शतप्रतिशत मतदान की सुनिश्चितता के लिए मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत आज से तीन दिवसीय कार्यक्रम फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी आयोजित किया जा रहा है इस मौके पर आज स्कूली बच्चों द्वारा निकाली गई रैली को उप जिला निर्वाचन अधिकारी संतोष वर्मा और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी हरजिंदर सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया रैली के माध्यम से विद्यार्थियों ने मतदाताओं को अधिक से अधिक मतदान करने के लिये जागरूक किया कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डाक्टर सुदाम खाड़े ने मतदान का महत्व बताते हुए विद्यार्थियों से कहा कि वे अपने माता पिता और परिचितों को भीमतदान करने के लिये प्रेरित करें

स्वीप अभियान प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में लोगों को अधिक से अधिक मतदान के लिये प्रेरित करने के उद्वेश्य से होशंगाबाद जिले में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं

राहुल गांधी की सभा को लेकर प्रदेश कांग्रेस द्वारा व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई है इस अवसर पर कांग्रेस के कई बड़े नेताओं के भी उपस्थित रहने की संभावना है श्री गांधी कल आदिवासी बहुल जिले झाबुआ में भी आमसभा को सम्बोधित करेंगे राजनीति पतन नागर विमानन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने कहा है कि संसद में चर्चाओं का रूख मोड़ने की आदत और सोशल मीडिया की आकामकता के कारण आज उत्तरदायित्वपूर्ण राजनीति का पतन होता जा रहा है आज नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा कि राजनैतिक जवाबदेही का यह तकाजा है कि संविधान और कानून के मुताबिक लोगों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाये उन्होंने कहा कि लोगों को यह बताया जाना चाहिये कि जीवन स्वतंत्रता और खुशहाली लोकतंत्र की आत्मा है

इसमें ई रोल आदर्श आचार संहिता का पालन कानून व्यवस्था मतदान केन्द्रों की स्थिति ईवीएम वीवीपेट और स्वीप गतिविधियों की समीक्षा की बैठक में बताया गया कि मतदाता जागरूकता के लिये जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं ऐसे मतदान केन्द्रों जहां पिछले चुनाव में मतदान का प्रतिशत कम रहा है वहां लोगों को अधिक से अधिक मतदान करने के लिये प्रेरित किया जा रहा है जिले में संवेदनशील मतदान केन्द्रों की स्थिति के साथ ही इन केन्द्रों की वीडियोग्राफी सुरक्षा व्यवस्था केन्द्रीय सुरक्षाबलों की नियुक्ति पिंक मतदान केन्द्र और दिव्यांग मतदाताओं के लिये मतदान केन्द्रों पर सुविधाएं तथा स्वीप गतिविधियों के संबंध में भी समीक्षा की गई

इस दौड़ के माध्यम से आम नागरिकों को विधानसभा चुनाव में अधिक से अधिक मतदान के लिये प्रेरित करने के साथ ही यातायात के नियमों का पालन करने के लिये जागरूक किया गया

वहीं अनूपपुर जिले में भी स्वस्थ लोकतंत्र के लिये मतदान को जरूरी बताते हुए रंगोली के माध्यम से जागरूकता संदेश दिये गये जिले के जैतहरी में स्कूली विद्यार्थियों ने मतदान को लेकर आयोजित इस रंगोली प्रतियोगिता में बड़ी संख्या में हिस्सा लिया

इसमें बड़ी संख्या में लोगों ने खेल का आनंद लेते हुए अधिक से अधिक मतदान करने की शपथ ली जिला निर्वाचन अधिकारी अनुभा श्रीवास्तव ने प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कृत किया कल जिले के प्रत्येक पोलिंग बूथ पर रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया जायेगा इस आयोजन के जरिए मतदाताओं से शतप्रतिशत मतदान करने की अपील की जायेगी खंडवा जिले में भी विधानसभा चुनाव को लेकर विभिन्न मतदाता जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जा रही है इसी कम में आज शहर के जिमखाना मैदान पर क्रिकेट मैच आयोजित किया गया

दमोह जिले में विधानसभा चुनाव में आम नागरिकों को निर्वाचन से संबंधित जानकारियां डिजीटल रूप में तुरन्त मिल सके इसके लिये कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर जे विजय कुमार ने कल देसम मोबाइल एप का शुभारम्भ किया ई गवर्नेस मैनेजर महेश अग्रवाल ने बताया है कि यह प्रदेश में किसी भी जिले का पहला मोबाइल एप है इस मोबाइल एप में विधानसभा चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की जानकारी जिले के सभी मतदान केन्द्रों की जानकारी के साथ ही सोशल मीडिया से कनेक्टिविटी और निर्वाचन संबंधी विभिन्न वीडियो की जानकारियां भी उपलब्ध है वहीं शिवपुरी जिले में स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाताओं को जागरूक करने के लिये विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं

युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अभिलाष पाण्डे ने बताया कि युवाओं को अपने भविष्य का मध्यप्रदेश अपने सपनो का मध्यप्रदेश और कैसा हो मेरा मध्यप्रदेश विषय पर विचार जानने के लिए ये युवा टाउन हाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया भोपाल में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने युवाओं को संबोधित किया इस मौके पर उन्होंने कहा कि युवा ऊर्जा स्रोत हैं और इनकी मदद से इस राज्य को समृद्ध बनाया जायेगा श्री चौहान ने विधानसभा चुनाव के मददेनजर युवाओं से सुझाव देने का आग्रह करते हुए कहा कि उनके सुझावों की मदद से राज्य को समृद्ध बनाने में मदद मिलेगी वहीं विदिशा में आयोजित कार्यक्रम में गृहमंत्री भूपेन्द्र सिंह ने हिस्सा लिया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि समृद्व मध्यप्रदेश बनाने के लिये युवाओं से राय मांगी जा रही है जिसको भाजपा द्वारा अपने एजेंडे में शामिल किया जायेगा

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वीएल कांताराव ने बताया कि एक हजार नौ सौ से अधिक हथियार जब्त किये गये हैं और दो लाख चौंतीस हजार से अधिक शस्त्र थानों में जमा कराये गये हैं

निगरानीदल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बड़वानी जिले की सीमाओं पर सतत निगरानी रखने अवैध शराब अस्त्र शस्त्रों के अवैध परिवहन को रोकने और जब्त करने के लिये प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में तीन तीन स्थैतिक निगरानी दलों का गठन किया गया है इसके अन्तर्गत जिले की सीमाओं पर चैकिंग पाइंट पर निगरानी दलों की तैनाती की गई है